प्रदेश में कुष्ठ रोगियों की पहचान के लिये सात जिलों में लेप्रोसी केस डिटेक्शन अभियान चलाया जायेगा

इस क्षेत्र से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उम्मीदवार हैं

कांग्रेस के एक शिष्टमंडल ने निर्वाचन आयोग से मुलाकात कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है नई दिल्ली में कांग्रेस नेता अभिषेक मन् सिंघवी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने कल गुजरात में वोट डालने के बाद रोड शो कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है श्री सिंघवी ने यह भी आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर में चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने अपने भाषण में सशस्त्र सेना का आहवान करर्त हुए निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया

इस बीच लोकसभा के छठे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन था

प्रदेष में पहले चरण के चुनाव का दिन पास आने के साथ साथ कांग्रेस और भाजपा ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है दोनों पार्टियों के केंद्रीय नेता प्रदेष के विभिन्न संसदीय क्षेत्रों में चुनावी सभाए कर रहे है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में एक और तीन मई को आमसभा को सम्बोधित करेंगे भाजपा के लोकसभा चुनाव प्रदेश संयोजक ओंकार सिंह लखावत ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री एक मई को जयपुर में आमसभा को सम्बोधित करेंगे जबकि तीन मई को वह हिण्डौनसिटी में और बाद में बीकानेर में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में आमसभाओं को सम्बोधित करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एनडीए सरकार पर वादे पूरे नहीं करने तथा लोगों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है

कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए श्री गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली है कांग्रेस नेता और राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल भीलवाड़ा के माण्डलगढ़ में चुनाव सभा को सम्बोधित किया उन्होंने आजादी के बाद से देश में कांग्रेस सरकारों द्वारा किए गए कार्यो का ब्यौरा दिया

श्री गहलोत ने शाम को बारां जिले के अन्ता में भी कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा की भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कल बांरा जिले के समरानिया में एक जनसभा को सम्बोधित किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पहले जो वादे किये उन्हें प्रा नहीं किया श्रीमती राजे ने कहा कि राज्य सरकार की उदासीनता के कारण राज्य के किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पा रहा है उन्होंने कहा कि किसानों को बिजली भी नहीं मिल रही है उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश एस के बोबडे को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ लगे यौन उत्पीडन के आरोपों की आंतरिक जांच के लिये नियुक्त किया गया है उनकी अध्यक्षता में बनाये गये पैनल में दो अन्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना और इंदिरा बेनर्जी भी शामिल होगी प्रदेश में कुष्ठ रोगियों की पहचान के लिए सात जिलों में लेप्रोसी केस डिटेक्शन अभियान चलाया जाएगा

जनस्वास्थ्य निदेशक डा वीके माथुर ने बताया कि इन सात जिलों के उप मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को कृष्ठ रोगियों की पहचान करने के लिए ब्लॉक स्तर पर टीमों के गठन करने के निर्देश दे दिए गए है

भारत को इस मेले में सम्मानित अतिथि का दर्जा दिया गया है

राजस्थान विश्वविद्यालय नाटक विभाग की ओर से तीन भाषाओं के तीन अलग अलग नाटकों पर आधारित नाटक का आज भी मंचन किया जाएगा विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर कपिल शर्मा द्वारा तैयार नाटक थियेटरों थियेटर थियेटरे ग्रीक अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा के नाटकों का हिन्दी रूपान्तरण है